पूर्ण अधिवेशन से पहले आसियान के दस देशों और भारत अमरीका रूस ऑस्ट्रेलिया दक्षिण कोरिया चीन जापान और न्यूजीलैंड के नेताओं ने दोपहर के भोजन के दौरान अनौपचिारिक बातचीत की उद्घाटन भाषण में अधिवेशन के वर्तमान अध्यक्ष सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियेन लुंग ने बताया कि सभी नेताओं के बीच अच्छी वार्ता हुई उन्होंने इस बात को दोहराया कि पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के प्रासंगिक बने रहने और प्रभावी ढ़ग से काम करने के लिए सभी स्तर पर विश्वास बनाना जरूरी है इससे पहले प्रधानमंत्री ने आसियान भारत अनौपचारिक सम्मेलन में आसियान नेताओं के साथ विचार विमर्श किया

बिहार के समस्तीपूर जिले में पूसा में डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षात समारोह में श्री कोविंद ने कहा कि विद्यार्थियों को किसानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार नवाचार करते रहने की जरूरत है

इनमें उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला भी शामिल है यह निर्णय राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में लिया गया सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये जनसंपर्क अधिकारी अलीगढ़ के अलावा नई दिल्ली नोएडा चंडीगढ़ भोपाल पुणे हैदरावाद बेंगलूरु चेन्नई और जयपुर में तैनात किए जाएंगे क्षेत्रीय पहचान से संबंधित कोई भी मामला सामने आने पर ये जनसंपर्क अधिकारी जम्मू कश्मीर से जुड़े विद्यार्थियों के साथ समन्वय करेंगे

आज नई दिल्ली में एक समारोह में श्री प्री ने कहा कि भूसंपदा नियामक प्राधिकरण रेरा भूसंपदा उद्योग में मौजूद अनियमितताओं को दूर कर रहा है और इससे भूसंपदा उद्योग में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं

प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने गुरूवार को लखनऊ के इंदिरा भवन स्थित राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय में तैयार किये गये नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन करते हुये कहा कि यूपी सौ सेवा को जीआरपी की आपातकालीन सेवा से जोड़ दिया गया है उन्होंने बताया कि अब यात्री चलती ट्रेन प्लेटफार्म तथा रेलवे परिसर में हुयी किसी घटना की शिकायत सौ नम्बर पर कर सकते हैं उन्होंने बताया कि इस सेवा को शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है पुलिस महानिदेशक ने बताया कि यूपी सौ नम्बर पर सूचना मिलने के आधार पर फायर सर्विस मेडिकल सेवा सिविल पुलिस एनडीआरएफ सहित अन्य सम्बन्धित एजेंसियों को तत्काल सूचना दिये जाने में सुविधा होगी

देशभर के विमिन्न स्थानों से इस ट्रेन पर लगभग आठ सौ दर्शनार्थी सवार है यह विशेष रेलगाड़ी भगवान श्रीराम के जीवन कथा से जुड़े विभिन्न स्थानों पर जायेगी दर्शनार्थियों ने केन्द्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इस विशेष रेलगाड़ी के माध्यम से हमारे आराध्य मर्यादा पुरूषोत्तम राम से जुड़े विभिन्न स्थानों को देखना संभव हुआ है छत्तीस घंटे यहां प्रवास के बाद यह रेलगाड़ी कल सांय यहां से रवाना होगी तथा तीर्थयात्री अन्य स्थानों वाराणसी प्रयाग तथा चित्रकूट में भगवान राम से जुड़े स्थानों के दर्शन कर सकेंगे

यह पार्क चौदह जून तक पर्यटकों के लिये खुला रहेगा पार्क में प्रवेश का समय ठंड के मौसम में सुबह सात बजे से दस बजे तक और शाम तीन बजे से छ बजे तक निर्घारित किया गया है गर्मी के मौसम में प्रवेश का समय सुबह छः बजे से नौ बजे तक और शाम को चार बजे से सात बजे तक निर्धारित है इस बार पर्यटकों को प्रतिदिन उन फिल्मों को दिखाया जायेगा जिन्हें दुधवा नेशनल पार्क में फिल्माया गया है पार्क के निदेशक आरके पाण्डेय ने बताया कि यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है उधर पीलीभीत जिले के टाइगर रिजर्व को भी आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया

सुचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक डॉक्टर उज्ज्वल कुमार को इलाहाबाद का नगर आयुक्त बनाया गया है सूचना निदेशालय के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भाषा विमाग के विशेष सचिव शिशिर को सौंपा गया है ज्ञानेश्वर त्रिपाठी को अपर निदेशक सूचना निदेशालय के पद से हटा कर प्रतीक्षारत किया गया है